ये जानकारी बागवानी व जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकर ने कल सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में जंजहैल में जनसभा को संबोधित करते हुए कही

इस मौके पर सांसद रामस्वरूप शर्मा भी मौजूद रहे

समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने शहर में निकाली गई शोभा यात्रा में हिस्सा लिया इस मौके पर उन्होंने मुरलीमनोहर मंदिर में पूजा अर्चना कर होली खेली और टमक बजाकर मेले के विधिवत समापन का संदेश दिया गोविंद सिंह ठाकर ने कहा कि देवभूमि हिमाचल में समय समय पर मनाए जाने वाले मेले व त्यौहार प्रदेश को एक अलग पहचान प्रदान करते हैं और इनकी पृष्ठभूमि में ऐतिहासिकता कलात्मकता और सांस्कृतिक छठा का समावेश रहता है उन्होंने कहा कि सुजानपुर का होली उत्सव महाराजा संसार चंद की कलात्मक योग्यता व्यापक दृष्टिकोण और राजा और प्रजा के बीच मधुर संबंधों का अनूठा उदाहरण है इस दौरान उन्होंने मेला आयोजन स्थल पर लगाई गई विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियों का अवलोकन किया और वहां प्रदर्शित सामग्री के बारे में जानकारी प्राप्त की

क्रिकेट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में कल से खेले जाने वाले इंटरनेशनल वनडे मैच के लिए भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें कल चार्टर प्लेन से कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंची टीम इंडिया के साथ भारतीय कप्तान विराट कोहली कोच रवि शास्त्री और कुछ खिलाड़ी नही पहुंचे कांगड़ा एयरपोर्ट पर एचपीसीए पदाधिकारियों ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों का स्वागत किया कांगड़ा एयरपोर्ट पर अपने चहेते खिलाड़ियों के दीदार के लिए क्रिकेट प्रेमियों की खासी भीड़ उमड़ी थी दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने कांगड़ा एयरपोर्ट से बाहर आकर कड़े सुरक्षा घेरे में विशेष वाहनों से धर्मशाला की ओर प्रस्थान किया एच पी सी ए प्रवक्ता संजय शर्मा ने बताया कि आज दोनों टीमें अभ्यास सत्र में भाग लेगी संजय शर्मा ने कहा कि एचपीसीए की ओर से मैच को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है मौसम प्रदेश भर में दो दिन तक मौसम साफ रहने के बाद आज राजधानी शिमला सहित अन्य क्षेत्रों में आसमान पर सुबह से हल्के बादल छाए हुए हैं

कोरोना विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि एक सौ से अधिक देशों में घातक कोरोना वायरस के फैलने के बाद इसके वैश्विक महामारी बनने का खतरा बढ़ गया है हालांकि संगठन ने यह भी कहा कि अब भी इस वायरस पर नियंत्रण किया जा सकता है